स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी द्रकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक दिन शाम को चार बजे तक बंद करने के आदेश दिये गए है उन्होंने कहा कि शादी समारोह के लिए आधिकतम बीस लोगों के शामिल होने की अन्मति दी गई है उन्होंने कहा कि प्री मेरिज और पोस्ट मेरिज समारोह की इजाजत नहीं है श्री वर्मा ने कहा कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी बीस से अधिक लोगों के शामिल होने की अन्मति नहीं है

इसके तहत पाप्मपारे जिले के दोईम्ख क्षेत्र में लॉकडाउन लगेगा प्रभारी जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के ईटानगर नाहरलग्न निरज्ली और बंडरदेवा में कोविड के पांच सौ तैतीस सक्रिय मामलें है जिसमें से चार सौ तैतीस होम आईसोलेशन में है उन्होंने कोविड संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए क्षेत्र के लोगों से जिला प्रशासन दवारा जारी दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन करने की अपील की श्री पोतम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो इसके लिए जिला प्रशासन ने वस्तुओं के दर निर्धारित किया है जिला प्रशासन ने गवरमेंट मिडिल स्कूल लेखी गवरमेंट हायर सेकेंड्री ईटानगर और मिडिल स्कूल नितिबिहार में कोविड वैक्सीनेशन के लिए अस्थायी केंद्र बनाया है

राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के अन्सार कई गंभीर बीमारियों और कोरोना से संक्रमित पचास वर्षीय महिला की शुक्रवार को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में मौत हो गई राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के एक सौ उनहत्तर नए मामले सामने आये और एक सौ बत्तीस रोगी स्वस्थ हए प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ तिरानवे हो गई है और रिकवरी दर घटकर नब्बे दशमलव एक चार प्रतिशत रह गई है श्क्रवार को राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार एक सौ बावन सैंपल एकत्र किए गए राज्य में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक अड़तीस लोअर दिबांग वैली से छब्बीस लोअर स्बनसिरी और अपर स्बनसिरी से सोलह सोलह नामसाई से चौदह चांगलांग से ग्यारह वेस्ट कामेंग से दस पाप्मपारे से आठ तवांग से छह लोहित से पांच ईस्ट सियांग से चार अपर सियांग दिबांग वैली तिराप और लोअर सियांग से तीन तीन वेस्ट सियांग से दो और लेपारादा जिले से एक मामला शामिल है

संघ ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग दवारा इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद राज्य के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ली है

गौरतलब है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री देरा नात्ंग का आठ मई दो हजार एक को वेस्ट कामेंग जिले के भाल्कपोंग के पास हेलिकॉप्टर द्र्घटना में मौत हो गयी थी